श्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक का कल संयुक्त रूप से शुभारंभ किया था इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के नेता राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो के प्रमुख नेता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा आज हनुमानगढ़ जिले में पहुंचेगी ये यात्रा संगरिया से शुरू होगी दो दिन की यात्रा के दौरान जिले में चार जगहों पर मुख्यमंत्री की जनसभाएं होंगी संगरिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद श्रीमती राजे हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगी इसके बाद टाउन धानमंडी में जनसभा का कार्यक्रम है

शहीद स्मारक पर कल धार्मिक आयोजन के बाद आज रेलकर्मियों के साथ आमजन श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं शहीद मेले के आयोजन के लिए रेलवे की ओर से विशेष रेलगाड़ी भी चलाई गई है

केन्द्र सरकार ने असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला यह राष्ट्रीय सम्मान नवोन्मेष विशिष्ट कार्य खेल कला और संस्कृति समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले बच्चों को दिया जाता है

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पुरस्कारों के लिये प्रतीक चिह्न प्रतियोगिता की शुरुआत भी की है

बाड़मेर जिले के कालूड़ी गांव में शुक्रवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद मारपीट और आगजनी की घटना के बाद आज भी भारी पुलिस बल तैनात है इस घटना को लेकर पुलिस थाने में दो मामले दर्ज हुए हैं वहीं पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है कल देर शाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कल मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए की जा रही गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जयपुर में एक बैठक में श्रीमती गुप्ता ने बारिश के मौसम के चलते मौसमी बीमारियों डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और अन्य जलजनित बीमारियों की स्क्रीनिंग करने सहित राज्य स्तर से जिला रेपिड रेस्पोर्स टीमों द्वारा संपादित की जा रही गतिविधियों की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिये राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जयपुर की ओर से जगतपुरा में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताऐं आयोजित की जा रही हैं कल से शुरु हुई प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्ड प्राप्त तीरंदाज रजत चौहान ने प्रदेशभर से पहुंचे खिलाड़ियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड संगठन बालक बालिकाओं के मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है प्रदेश संगठन के स्टेट चीफ कमिश्नर ने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों को सवाई मानसिंह स्टेडियम का अवलोकन कराया जायेगा इसका उद्देश्य प्रदेश को दूरदराज से भाग ले रहे संभागियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान देखने का अवसर देना है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की अच्छी बारिश होने से बांधों और तालाबों में पानी की आवक जारी है जयपुर में कल से लगातार हो रही हल्की से मध्यम बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है चित्तौडगढ में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है सवाईमाधोपुर जिले में जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई बूंदी जिले में तेज बारिश होने से जैत सागर बांध के चार गेट खोलकर पानी की निकासी करने से महावीर कॉलोनी में पानी भर गया

भीलवाडा में हो रही लगातार बारिश से दो बांधो पर चादर चल रही है वहीं टोंक के बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक हई है